मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से देसी नस्ल की गायों के संरक्षण का आहवान किया है जयराम ठाक्र आज शिमला में गौ माता का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि गौ माता मानव स्वास्थ्य के साथ साथ प्राकृतिक खेती के लिए भी अत्यंत लाभदायक है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश की देसी नस्ल के संरक्षण के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थाओं से गाय की देसी नस्लों के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही सिरमौर ज़िला के कोटला में गौ अभ्यरण्य स्थापित करने जा रही है प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह के अभ्यरण्य स्थापित किए जाएंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी इस मौके पर मौजूद थे गोविंद ठाक्र प्रदेश सरकार ने बंदर पकड़ने के लिए दी जा रही राशि में बढौतरी की घोषणा की है अब एक बंदर पकड़ने पर सरकार एक हज़ार रूपये देगी ये बात वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज शिमला में वन्य प्राणी विंग द्वारा मानव वन्य प्राणी संघर्ष विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही इस कार्यशाला में मानव और वानरों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया उन्होंने कहा कि वानरों की समस्या से छुटकारा पाने का सबसे कारगर तरीका इनकी नसबंदी है

राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान अनुराग ठाकुर ने सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि बैंकों के विलय में कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखा गया है उन्होंने कहा कि बैंकों के विलय से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेंगी सेवाएं बेहतर होंगी और उन्हें बड़े कैडिट फंड का एक्सेस मिलेगा उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुख्य बैंकिंग सुविधा से पूरे भारत में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना और सुविधाजनक होगा

ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की गत सांय शिमला में हुई बैठक में लिया गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसी साल फरवरी में पेश बजट में आपातकाल के दौरान हुई गिरफ्तारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ये सम्मान राशि देने की घोषणा की थी राजवंत संधु राज्य ठोस कचरा प्रबंधन समिति की संयोजक राजवंत संधू ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना अनिवार्य है राजवंत संध् आज शिमला में जिला स्तरीय ठोस कचरा प्रबंधन समिति से जुड़े विभिन्न विभागों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं उन्होंने बायो मैडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए सुरक्षित प्रबंधन पर बल दिया संधू ने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों व कचरा प्रबंधन को तरजीह दें जिससे ग्रामीणों को स्वच्छता का आसानी से महत्व समझाया जा सकेगा उपायुक्त अमित कश्यप ने इस मौके पर ज़िलेभर में चल रही ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों की जानकारी दी दिव्यांग दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए नाहन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त आरकेपरूथी ने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनभागीदारी भी आवश्यक है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने का मुख्य उददेश्य दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देना है ऊना में आयोजित कार्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि दिव्यांग समाज से सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान की अपेक्षा करते हैं अन्य स्थानों पर भी दिव्यांग दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए केन्द्र प्याज केन्द्र ने राज्य सरकारों से प्याज की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है राज्यों से प्याज का सुरक्षित भंडार बनाने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने को कहा गया है कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कल सचिव समिति की बैठक में प्याज की बढ़ती कीमतों की समीक्षा की प्याज उत्पादक ग्यारह प्रमुख राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में गाबा को कीमतों पर अंकृश के लिए किए गए उपायों से अवगत कराया गया गाबा ने राज्यों को निर्देश दिया कि बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण के लिए प्याज की उपलब्धता की समीक्षा की जाए कैबिनेट सचिव ने राज्योंसे अपने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के जरिए उचित मूल्य पर प्याज खरीदने औरवितरित करने को कहा केन्द्र ने व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा तय करने के अलावा प्याज के निर्यात पर पहले ही पाबंदी लगा दी है और एक लाख बीस हजार टन प्याज आयात करने का फैसला किया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी गई वर्दियों में धांधली का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्दी की गृणवत्ता सवालों के घेरे में है क्योंकि इसके वितरित करने के तुरंत बाद इसका रंग निकल रहा है इसके अलावा स्कूली बच्चों को बांटे गए बैग भी गुणवत्ता में निम्न स्तर के हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश दें उन्होंने भाजपा के वायरल पत्र मामले में भी जांच करवाने की मांग की राठौर ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होने का आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की प्रदेश जिला और ब्लॉक कार्यकारणियों की शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी